श्री मोदी ने आज नईदिल्ली में संसद के केंद्रीय कक्ष में दो दिन के राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का उद्घाटन किया

श्री मोदी ने कहा कि अब यह पता लगाने की आवश्यकता है कि किन किन क्षेत्रों में इन जिलों की स्थिति सुधारी जानी चाहिए सरकार का लक्ष्य सामाजिक न्याय प्रदान करना है श्री मोदी ने कहा कि सार्वजनिक भागीदारी हमेशा मददगार सिद्ध होती है और जहां कहीं अधिकारियों ने लोगों के साथ मिलकर काम किया और उन्हें विकास प्रकिया में शामिल किया वहां अच्छे परिणाम सामने आये

प्रभु अतिरिक्त प्रभार वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु को नागरिक उड्डयन मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा तेलुगुदेशम पार्टी के अशोक गजपति राजू के इस्तीफे को स्वीकार करने का बाद उनको यह अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है श्री राजू और उनके पार्टी सहयोगी वाई एस चौधरी ने भी इस्तीफा दे दिया था जीएसटी बैठक वस्तु एवं सेवा कर ने रिटर्न दाखिल करने रिवर्स चार्ज प्रणाली तथा स्रोत पर कराधान संबंधी प्रावधानों में कारोबारियों को तीन महीने और राहत दे दी है वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में जीएसटी परिषद् की बैठक में इन मसलों पर जून तक राहत देने का फैसला किया गया

पहले यह व्यवस्था मार्च तक लागू थी जो अब जून तक लागू रहेगी

इस दौरान मंत्रियों का एक समूह इसे लागू करने के तरीकों पर विचार करेगा ताकि व्यापारियों और उद्योग जगत को कोई परेशानी न हो वार्तालाप कार्यशाला भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत पत्र सूचना कार्यालय भोपाल द्वारा आज खजुराहों में एक दिवसीय वार्तालाप कार्यशाला का आयोजन किया गया कार्यशाला का शुभारंभ कलेक्टर रमेश भंडारी ने किया इस अवसर पर पीआईबी भोपाल की अपर महानिदेशक डाक्टर वसुधा गुप्ता ने कहा कि फील्ड आउटरीज ब्यूरो के जरिये सरकार जमीनी स्तर पर सूचनाओं का प्रचार प्रसार कर रही है वहीं कलेक्टर ने कहा कि मीडिया का सकिय सहयोग प्रशासन के कामकाज को पारदर्शी बनाता है कलेक्टर पदस्थापना मुंगावली विधानसभा उपचुनाव से ठीक पहले निर्वाचन आयोग द्वारा हटाये गये अशोक नगर जिला कलेक्टर बीएसजामोद को राज्य सरकार ने फिर से अशोक नगर कलेक्टर बना दिया है इसके अलावा राज्य शासन ने वर्तमान में अशोक नगर कलेक्टर वी एसचौधरी को कटनी का कलेक्टर पदस्थ किया है वहीं कटनी कलेक्टर विशेष गढपाले को पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का एमडी बनाया गया है

इस महोत्सव में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे जिला प्रशासन ने इस आयोजन की तैयारियों के लिए अलग अलग अधिकारियों कर्मचारियों को जिम्मेदारियां सौंप दी है

इस बार मुख्यमंत्री ने नागरिकों से प्रदेश के विकास को लेकर अपनी बात रखेंगे यह कार्यक्रम आकाशवाणी के सभी केन्द्रों से शाम छह बजे प्रसारित किया जाएगा इसके अलावा इस कार्यकम का पुर्नप्रसारण सोमवार को सुबह साढे नौ बजे प्रसारित होगा कार्यक्रम को आकाशवाणी के विविध भारती सहित सभी केन्द्र प्रसारित करेंगे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 इसमें पांच वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को पोलियो निरोधक दवा पिलाई जाएगी तीन दिन चलने वाले इस अभियान में पहले दिन रविवार को पोलियो बूथ लगाए जाएंगे और उसके बाद दूसरे और तीसरे दिन घर घर जाकर बच्चों को पोलियो ड्राप पिलाई जाएगी

नकल विरोधी उड़नदस्तों ने परीक्षा शुरु होते ही अचानक छापा मारना शुरु कर दिया था सभी परीक्षार्थियों के खिलाफ नकल संबंधित प्रकरण दर्ज किए गए हैं बोरवेल दुर्घटना देवास जिले में आज सुबह करीब चार साल का एक बच्चा एक खूले बोरवेल में गिर गया

फिलहाल वह सुरक्षित है

यात्रा में उनकी पत्नी अमृता सिंह और पुष्पराजगढ विधायक सहित अन्य लोग मौजूद थे